मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गुरूपूर्णिमा से पहले अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन कर लिया जायेगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों की तर्ज पर एक अगस्त से गॉवों का भी स्वच्छता सर्वेक्षण कराया जायेगा

गडकरी दौरा केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे श्री गडकरी गुना के लालपरेड मैदान पर आयोजित विकास पर्व कार्यकम में शामिल होंगे

कार्यक्षम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे इस दौरान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के हितग्रॉहियों को राशि वितरित भी की जायेगी जनआशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के अध्यापक वर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन गुरुपूर्णिमा के पहले कर लिया जायेगा इससे दो लाख चौरासी हजार से अधिक अध्यापकों को फायदा होगा अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कल खरगौन में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार कर लिया गया है श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बिजली सड़क पानी जैसी सुविधाओं से लोग वंचित थे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानो की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है श्री चौहान ने गरीबों को पक्के मकान पटटे बिजली स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार को विभिन्न योजनाओं का जिक करते हुए कहा कि भाजपा विकास के लिए कटिबद्व है उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि इन्दौर मनमाड़ रेललाइन को लेकर जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री कल खंडवा जिले के मोरटक्का भी पहुँचे इस दौरान यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपना संकल्प दोहरात हुए कहा कि मैं प्रदेश के किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दूंगा मोदी दौरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रवांडा यूगांडा और दक्षिण अफ्रीका की पांच दिन की यात्रा पर रवाना होंगे यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज रवांडा पहुंचेंगे रवांडा की दो दिन की यात्रा के दौरान भारत उसे कृषि और उद्योग क्षेत्र के लिए दस दस करोड़ डॉलर के ऋण देगा प्रधानमंत्री का रवांडा में पारम्परिक स्वागत किया जाएगा भारत सौहार्द और समृद्धि बढ़ाने की पहल के तहत रवांडा को दो सौ गाय भी देगा प्रधानमंत्री के साथ उच्च स्तरीय व्यापारिक शिष्टमंडल भी जा रहा है श्री मोदी कल युगांडा के लिए रवाना होंगे वे वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे उनकी शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी और वे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे श्री मोदी युगांडा की संसद को भी संबोधित करेंगे इस यात्रा के दौरान युगांडा को सोलह करोड़ चालीस लाख डॉलर के दो ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को दक्षिण अफ्रीका पहुंचेंगे

संधोधन केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या किए जाने को दंडनीय अपराध परिभाषित करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन की संभावना पर विचार कर रही है एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि ऐसा आदर्श कानून तैयार करने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है जिसे भीड़ द्वारा पीट पीटकर हत्या किए जाने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारें अपना सकती हैं

अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश पर विचार कर रही है और इस मुद्दे पर अपना रुख तय करने में उसे कुछ समय लगेगा अधिकारी ने बताया कि यदि भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन किया जाता हैं तो केवल भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए जाने के अपराध तक ही सीमित नहीं रहेगा सरकार सोशल मीडिया से जुड़े तंत्र को नियंत्रित करने का कानून भी सख्त बनाएगी ताकि ऐसी हिंसक घटनाओं को उकसाने वाली अफवाहों पर रोक लगाई जा सके लोगों को पीट पीटकर मार दिए जाने या भीड़ की हिंसा के अनेक मामले हाल के दिनों में समूचे देश में सामने आए हैं

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने ग्रामीणों से सर्वेक्षण में बढ़ चढ़कर भागीदारी दर्ज कराने की अपील की है उन्होंने निर्देश दिये कि सर्वेक्षण की तिथियों का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये

इसमें भारत सरकार द्वारा निर्घारित एजेंसी द्वारा चयनित ग्रामों में स्वच्छता अभियान में करवाये गये कार्यों की गुणात्मकता और संख्यात्मकता का परीक्षण किया जायेगा स्वच्छ सर्वेक्षण तीन तरह से किया जायेगा मूल्यांकन के लिये एजेंसी गाँव के सार्वजनिक स्थान स्कूल आँगनवाड़ी स्वास्थ्य केन्द्र हाट बाजार धार्मिक स्थल पर साफ सफाई की स्थिति और व्यवस्था का जायजा लेगी इस सर्वेक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर देश और प्रदेश की रैंकिंग निर्धारित की जायेगी

राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जबलपुर में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया राज्यपाल ने छात्राओं से सहलियतों तथा समस्याओं के बारे में चर्चा की राज्यपाल ने हॉस्टल परिसर में आंवले का पौधा लगाया और डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया

राज्यपाल ने कहा कि स्वच्छता के संदेशों का वांछित प्रभाव तभी होगाजब सभी स्वयं स्वच्छता के लिए काम करें उन्होंने छात्राओं से अपील की कि सप्ताह में एक दिन सफाई के काम का बीड़ा खुद उठाये

जस्टिस चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद बैठक की अध्यक्षता करेंगे

सुनवाई की कार्यवाही प्रेस और आम जनता के लिये भी खुली रहेगी

इस अवसर पर उनके जन्म स्थान अलीराजपुर जिले के चन्द्रशेखर आजाद नगर में कई कार्यकम आयोजित किये गये हैं आजाद कुटिया और आजाद पार्क पर लोग अमर शहीद को श्रद्वांजलि देगे वहीं संस्कृति मंत्रालय की ओर से सांस्कृतिक कार्यकम का आयोजन भी किया गया है इससे पहले कले भोपाल में आजार भारत संघ आभाष द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में एक बार फिर अच्छी बारिश के आसार बन रहे है अरब सागर में बन रहे सिस्टम से आने वाले दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है समाचार संक्षेप में छतरपुर जिले के नारायणपुरा में राज्यमंत्री ललिता यादव ने उज्जवला योजना के तहत कल हितग्राहियों को गैस चूल्हें वितरित किये

पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है